कल नई दिल्ली में आर्थिक पैकेज के बारे में दूसरे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इन कदमों से प्रवासी मजदूरों फेरी लगाने वालों जनजातीय लोगों छोटे व्यापारियों छोटे किसानों और स्व रोजगार में लगे लोगों को फायदा होगा

जो किसान कर्जों की अदायगी करना चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का भी उन्होंने एलान किया केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेहड़ी फड़ी वाले दुकानदारों और फेरी लगाकर बिक्री करने वालों के लिए पांच हज़ार करोड़ रुपये की ऋण सुविधा दी गई है

जयराम ठाकुर ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के सिद्वान्त के अनुसार सभी प्रवासी मजदूर देश में कहीं भी अपने राशन कार्ड के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकेंगे

उन्होंने कहा कि यह ऋण मछुआरों व पशुपालकों को भी उन्हीं शर्तों पर उपलब्ध करवाया जाएगा मख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने भाजपा विधायकों से बाहरी राज्यों से आए लोगों को क्वारंटीन में रहने के लिए प्रेरित करने को कहा है शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भाजपा विधायकों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर बारीकी से नजर रखने को कहा मुख्यमंत्री ने विधायकों को पंचायत प्रधानों और क्षेत्र के अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने की सलाह दी ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को क्वारंटीन में रखने के सभी आवश्यक प्रबन्ध किए जा सकें जयराम ठाक्र ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने को कहा ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके इस दौरान सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से विचार साझा किए

ऊना से हमारे जिला संवाददाता राजेश शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच के बाद इन लोगों को उनके जिला मुख्यालय भेजा जा रहा है जिला प्रशासन के मुताबिक इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए सभी को सेनेटाइजर मास्क और अल्पाहार दिया गया

पिछले कल प्रदेश में सात नए मामले सामने आए हैं इनमें सिरमौर कांगड़ा और बिलासपुर जिलों से दो दो जबकि हमीरपुर से एक कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं

अमर उजाला की सुर्खी है पांवटा की मां बेटी समेत हिमाचल में सात और संक्रमित पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल में सात और कोरोना पॉजिटिव दिव्य हिमाचल ने लिखा है सिरमौर बिलासप्र में लौटा कोरोना कांगड़ा में मार जारी दैनिक भास्कर के मुताबिक दिल्ली से लौटी सात साल की बच्ची व मां समेत राज्य में कोरोना के सात नए केस

इसी खबर पर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल में जून से स्कूलों में रौनक मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है बागवानों को अब आसानी से मिलेंगी सारी सूचनाएं ई उद्यान पोर्टल का किया शुभारंभ अप्रैल से जुलाई तक रोड और टोकन टैक्स माफ ट्रांसपोर्टरों को सरकार की बड़ी राहत हिमाचल दस्तक की एक खबर है शिमला में बनी पहली सोशल डिस्टेंसिंग कार दिव्य हिमाचल की खबर है अमर उजाला ने लिखा है कोरोना का साया हिमाचल में पंचायत चुनाव टालने की तैयारी दिसंबर में प्रस्तावित हैं पंचायत के चुनाव